आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित आधार के द्रूपयोग पर जेल और एक करोड रूपये के जुर्माने की हो सकती है सजा

प्रदेश में विभिन्न इलाकों में मानूसन की अच्छी बारिश के समाचार

यह उनका पहला बजट होगा नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी यह पहला बजट है कल निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ बजट को अंतिम रूप दिया

सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है जबकि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है आर्थिक समीक्षा में सामाजिक हित के आंकड़ों की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया गया है इसमें कहा गया है कि आंकड़े लोगों के लोगों द्वारा और लोगों के लिए होने चाहिएं सेवानिवृत्ति की उम्र चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की बात भी कही गई है कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण को देश की अर्थव्यवस्था के लिये निराशाजनक बताया है

इस कार्यक्रम में हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर सवेरे दस बजकर दस मिनट से बजट पूर्व चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधाप्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और स्टूडियो में उपस्थित प्रख्यात विशेषज्ञों से बजटपर चर्चा प्रसारित होगी

कल लोकसभा में आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान विपक्षी पार्टियों की आपत्ति पर बोलते हुए श्री रविशंकर ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारत के डेटा की संप्रभुता की रक्षा किसी भी कीमत पर की जायेगी

संसद के दोनों सदनों में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है

साथ ही निर्देश दिये गये है कि अग्निशमन विभाग के खाली पदों को दो महीने में भरा जाये

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक सतीश पुनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है कि वह राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ कार्य कर रहा है और यह विचारधारा जनसंघ के समय से चली आ रही है

इसमें मरीज या उसके परिजन अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं के बारे में फीडबैक दे सकेंगे इसके अलावा अपनी समस्याओं की शिकायत भी कर सकेंगे

जनसुनवाई के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य डॉ राजुल देसाई भी मौजूद रहेगें

मौसम विभाग ने मानूसन के आज जयपुर पहंचने की संभावना भी जताई है इसके अलावा बांसवाडा बारा भीलवाडा चित्तौडगढ झालावाड करौली कोटा प्रतापगढ बूंदी डूंगरपुर राजसमंद सवाईमाधोपुर टोंक उदयपुर और सिरोही में भी भारी बारिश की संभावना है